भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि नागरिकता संशोधन कानून पकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धर्म के आधार पर प्रताड़ित दलितों की भलाई के लिए लाया गया है आगरा में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि जो दलित नेता इस कानून का विरोध कर रहे हैं उन्हें कानून के मूल उद्देश्यों को समझने का प्रयास करना चाहिए उन्होंने सीएए को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाये जा रहे भ्रम की स्थिति से लोगों से गुमराह नहीं होने की अपील की

जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में संवाददाताओं के प्रश्न के जवाब में कहा कि ये उनका अपना बयान है मुख्यमंत्री ने कहा कि पवन वर्मा जिस दल में जाना चाहें वे स्वतंत्र हैं पार्टी को इसपर कोई एतराज नहीं है

उसके लिए अगर वह जरूरी समझें तो पार्टी की बैठक में चर्चा करनी चाहिए लेकिन इस तरह का वकतव्य देना आश्चर्य की बात है मुझे फिर भी सम्मान है और इज्जत है लेकिन जहां उनको अच्छा लगे वहां जाएं गौरतलब है कि श्री वर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ हुए गठबंधन पर पार्टी से स्पष्टीकरण की मांग की थी इधर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पार्टी ने काफी विचार विमर्श के साथ दिल्ली में चुनाव के लिए भाजपा के साथ गठबंधन का निर्णय किया है

गंगा नदी की अविरलता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाये जाने की मांग को लेकर साध्वी पदमावती पिछले वर्ष पंद्रह दिसंबर से हरिद्वार के एक आश्रम में अनशन कर रही हैं उनके स्वास्थ्य की चिंता के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने इस मामले में अविलंब हस्तक्षेप कर अनशन समाप्त कराने का अनुरोध किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह इकसठवीं कड़ी होगी इस बार यह कार्यक्रम शाम छह बजे प्रसारित किया जाएगा इससे पहले सामान्यता यह कार्यक्रम दिन के ग्यारह बजे प्रसारित होता था एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा है कि इस साल का पहला कार्यक्रम विशेष दिन छब्बीस जनवरी को होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को आपदा से प्रभावित लोगों को तत्परता के साथ सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान श्री कुमार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को बकाया इनप्रट सब्सिडी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज बताया कि राज्य में पहली बार वनरक्षियों के एक तिहाई पद पर महिलाओं की नियुक्ति की गई है श्री मोदी पटना में आयोजित नवनियुक्त वनरक्षियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि नौ अगस्त को अभियान चलाकर राज्य भर में ढ़ाई करोड़ पौधे लगाये जायेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी एक सौ तेइसवीं जयंती पर आज भावभीनी श्रद्धाजंलि अर्पित की गयी इस अवसर पर देशभर में शोभा यात्रा झांकी और जुलूस सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया पटना में आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्वांजलि अर्पित की वहीं बिहार अभिलेखागार निदेशालय की ओर से पटना में सुभाष चन्द्र बोस से संबंधित अभिलेखों और चित्रों से संबंधित प्रदर्शनी भी आयोजित की गयी प्रदेश में ठंड की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा है धूप खिली रहने से लोगों को ठंड से राहत मिली है हालांकि अब भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटे के मौसम पूर्वानुमान में बताया है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह और शाम के समय कोहरा छाया रहेगा छपरा आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान सात दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं पूर्णिया में कोल्ड डे की स्थिति रही मौसम विभाग ने कहा है कि सताईस जनवरी से फिर से पश्चिमी विक्षोम के सक्रिय होने के कारण राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है सीबीएसई ने इस वर्ष जुलाई सत्र की केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी का आयोजन पांच ज़ुलाई को करने की घोषणा की है इच्छ्क उम्मीदवार चौबीस जनवरी से चौबीस फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड के नारायणपुर स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से उतर गये इस हादसे में किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है दूर्घटना के बाद अप और डाउन दोनों लाईन पर कुछ देर के लिए रेल परिचालन बाधित हो गया रेल अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं पूर्णियां जिले के जलालगढ़ थाना क्षेत्र में हुयी भीषण सड़क द्र्घटना में तीन लोगों की मौत हो गयी तथा छह अन्य घायल हो गये पुलिस सूत्रों ने बताया कि कसबा जलालगढ़ की सीमा पर काली मंदिर के निकट अररिया की तरफ आ रहे फल लदे एक ट्रक के अनियंत्रित होकर पास से गुजर रहे एक एम्ब्रेलेंस पर पलट जाने से ये हादसा हुआ वहीं रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और ऑटो रिक्शा के बीच हुयी टक्कर में दो मजदूरों की मौत हो गयी दफादार चौकीदार समन्वय सभा ने सेवानिवृत्त दफादार चौकीदार या सेवाकाल के दौरान दिवंगत चौकीदारों के एसीपी को लाभ देने की मांग की है आज पटना में आयोजित संघ की बैठक में यह फैसला किया गया कि चौकीदारों और दफादारों की मांग प्री नहीं होने पर राज्य भर में आंदोलन किया जायेगा संघ के अध्यक्ष राजेश्वर प्रसाद गुप्त ने आरोप लगाया कि जिला पदाधिकारी और अंचल अधिकारी के अधीन तैनाती से चौकीदारों दफादारों का शोषण हो रहा है शिवहर जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने दस सब इंस्पेक्टर समेत बीस अधिकारियों का तबादला कर दिया है इधर जिले में श्रम संसाधन विभाग की ओर से नबाब उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित नियोजन मेला में एक सौ संतावन अम्यर्थियों का विभिन्न कंपनियों में चयन किया गया भागलपुर जिले के सुल्तानगंज स्थित गंगा तट पर आज चतुर्दशी के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा में डुबकी लगायी और पूजा अर्चना की